मामले की एनआईए को दी गयी जानकारी बांका के मंदार पर्वत में मिला राज्य का पहला कोयला खदान

मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के लदमा स्थित पैतृक आवास से एके सैंतालीस राईफल दो हैंड ग्रेनेड और छत्तीस कारतूस मिलने के मामले में उनपर केस दर्ज किया गया है साथ ही कई अन्य अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले की जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दे दी गयी है इस बात के भी सबूत मिले हैं कि पूरे मामले के तार मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राईफल तस्करी मामले से जुड़े हो सकते हैं विधायक के आवास से जो हैंड ग्रेनेड बरामद हुये हैं उन्हें अदालत से अनुमति मिलने के बाद निष्क्रिय किया जायेगा छापेमारी आज भी जारी है इधर विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है वे इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे बांका जिला स्थित मंदार पर्वत में कोयला पाया गया है सेन्ट्रल माइंस एंड प्लानिंग डिजाईन इंस्टीट्यूट के निदेशक एस शरण ने बताया कि बिहार में यह कोयले की पहली खदान होगी उन्होंने कहा कि कोयला खनन के लिए रूप रेखा तैयार कर ली गयी है और इस क्षेत्र में कितना कोयला है इसकी जानकारी भी संबंधित कम्पनियों को भेजी जा रही है सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोयला खनन शुरू होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस वर्ष पांच सितम्बर से राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की शुरूआत हो जायेगी इन कक्षाओं में सभी विषयों की पढ़ाई होगी श्री कुमार ने कहा कि इसके लिए उन्नयन बिहार कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में इसके लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने संबंधित पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करा दी है स्मार्ट क्लास में विद्यार्थी अपनी कक्षा में टीवी स्क्रीन पर विस्तार से पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ सकेंगे प्रदेश में होने वाली सिपाही बहाली में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को दो प्रतिशत आरक्षण मिलेगा इस संबंध में गृह विभाग ने सिपाही भर्ती नियमावली में संशोधन किया है साथ ही राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटियों में होमगार्ड जवानों को पांच वर्ष की छूट दी गयी है राज्य सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत नियोजित सभी कर्मियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच करवायेगी मनरेगा आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि पहली बार नियोजन के समय योगदान करने वाले कर्मियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की पच्चीस अगस्त तक जांच प्री करवा ली जाये यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाते हैं तो संबंधित कर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुये उनके विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जाये दरभंगा जिले के धर्मपूर गांव निवासी डॉक्टर रामजी ठाकूर को संस्कृत साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा राष्ट्रपति भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर ठाकुर का चयन संस्कृत साहित्य को समुद्ध बनाने उसे नई ऊंचाईयों पर ले जाने और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है पचासी वर्षीय डॉक्टर रामजी ठाकुर संस्कृत में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हैं भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत चंपानगर स्थित कर्णगढ़ के पास ढ़ाई हजार वर्ष पुराने भवनों के अवशेष मिले हैं पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम के सदस्य अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि ये अवशेष शोंग कुषाण कालीन हो सकती है श्री चौधरी ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार होने के बाद इस क्षेत्र की खुदाई की रणनीति तैयार की जायेगी प्रदेश में चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया इसी सत्र से शुरू होगी राज्यपाल सह कुलाधिपति फागु चौहान ने समेकित बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले को मंजूरी दे दी है इस संबंध में प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेवारी नालंदा खुला विश्वविद्यालय को दी गयी है पूर्वी चम्पारण जिले के लोगों को आयुष्मान भारत योजना से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट बाईट पूर्वी चम्पारण जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक लगभग एक लाख आठ हजार से अधिक लाभुकों का गोल्डन कार्ड बनाया जा चुका है योजना के शुरू हो जाने से गरीब और वंचित तबके की एक बड़ी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है

आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार राज्य सरकार दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पंकज कुमार दराद को मिथिला क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक तथा मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार को तिरहुत क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तबादला किया है

जल शक्ति अभियान के क्रियान्वयन में गया जिले को देशभर में पच्चीसवां स्थान प्राप्त हुआ है

श्री प्रधान ने जल शक्ति अभियान में तेजी लाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की बेगूसराय में चल रहे राज्य गोल्ड कप कबड्डी प्रतियोगिता में पटना की टीम ने जीत के साथ शुरूआत की है आरपीएल हाई स्कूल मैदान में आयोजित मैच में पटना ने समस्तीपुर को उनचास बीस से पराजित किया अन्य मुकाबले में बक्सर ने खगड़िया को बिहटा ने सहरसा को मुजफ्फरपुर ने नालंदा को और बरौनी ने वैशाली को पराजित किया भागलपुर में पदस्थापित बिहार पुलिस के सिपाही सुनील कुमार को अपने साथियों से आठ करोड़ रूपये ठगी करने के आरोप में आरा शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनियां गांव में दो मोटरसाईकिलों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में दो यूवकों की मौत हो गयी बक्सर जिले के ड्रमरांव में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से हथियार के बल पर दो लाख सत्ताईस हजार रूपये लूट लिये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 हिन्दुस्तान लिखता है अनंत सिंह के घर से एके सैंतालीस व ग्रेनेड मिला दैनिक जागरण ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन से ज़्रड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है क्राइम कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं प्रभात खबर की सुर्खी है अब किसानों को साठ रूपये प्रति लीटर डीजल अनुदान दैनिक भास्कर ने लिखा है कश्मीर पर यूएन में अड़तालीस साल बाद बात पाकिस्तान फिर औंधे मुंह राष्ट्रीय सहारा और आज ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

मामले की एनआईए को दी गयी जानकारी बांका के मंदार पर्वत में मिला राज्य का पहला कोयला खदान